उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे भारत प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वर्च्अल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में समग्र रणनीतिक साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है

श्री मोदी ने देशवासियों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के कोविड प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय सम्दाय के प्रति कोरोना संकट के समय ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करते ह्ए धन्यवाद दिया

आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हए प्लिस अधीक्षक त्मे आमो ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में देश के अन्य राज्यों से चोरी किये गए वाहनो को बेचने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने कहा जब्त किये गए वाहनों के संबंध में कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज है श्री आमो ने कहा कि राजधानी ईटानगर प्लिस पिछले कई महीनों से चोरी के वाहनों को राज्य में बेचे जाने के मामलों की तह तक पहंचने में लगी हई थी

क्ल एक लाख चार हजार एक सौ सात लोग अबतक ठीक हो च्के है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटो के दौरान तीन हजार आठ सौ चार लोग स्वस्थ हए हैं उन्होंने बताया कि नौ हजार तीन सौ चार नये मामले आने के बाद देशभर में क्ल संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख सोलह हजार नौ सौ उन्नीस हो गई है पिछले चौबीस घंटों में दो सौ साठ लोगों की इस संक्रमण से मौत हई है इधर अरुणाचल प्रदेश में आज कोविड संक्रमण की चार नए मामलों की प्ष्टि की बाद राज्य में कोरोना संक्रमण के क्ल मामलों की संख्या बयालीस हो गई है जिसमें से इकतालीस सक्रिय मामले है और व्यक्ति स्वस्थ्य हो च्का है राज्य के क्वारेंटिन सेंटर में रह रहे लोगों के सेंपल के जांच के बाद चांगलांग के तीन और आलो के एक सेंपल की जांच रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है

इस कार्यशाला का उदघाटन करते हए आर जी यू के क्लपति प्रोफेसर साकेत कृशवाहा ने मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल के बारे में जागरुकता के लिए शिक्षक संकाय के सदस्यों से अपने जीवन के वास्तविक उदाहरणों को सामने रखकर छात्रों का मार्गदर्शन करने का आहवान किया केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के क्लपति प्रोफेसर मेहराज्द्दीन मिर ने ऑनलाइन टिचिंग के दौरान शिक्षकों से छात्रों के तनाव और मनोभाव की स्थिति का ध्यान रखने को कहा कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार दवारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखने के दिशानिर्देशों का पालन करते हए आर जी यू के विभिन्न विभागों द्वारा वेबनार आयोजित किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि जिला कोविड कंट्रोल रुम में भी अबतक बारह हजार से अधिक कॉल आ च्की है श्रम सचिव विक्रम मलिक ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के करीब ग्यारह हजार पांच सौ नागरिकों ने अपना नाम दर्ज कराया था जिसमें से करीब नौ हजार पांच सौ लोग वापस आ च्के है उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के करीब दो हजार पांच सौ कामगारों ने अपने अपने राज्यों में वापस लौटने के लिए अपना नाम दर्ज कराया था जिसमें से करीब दो हजार लोगों को भेजा जा च्का है

ईस्ट सियांग जिले में रुने यामेन सिरुम एसोसियेशन दवारा जिले के विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी कर रहे प्लिस कर्मियों स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य कोविड वायरस का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें मौके पर ही भोजन का पैकेट वितरित किया जिसमें स्थानीय व्यंजन शामिक थे